राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने चुनौतियो के समय देश को निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया बाइट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में निणार्यक नेतृत्व प्रदान किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी ने लम्बे राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग विपक्ष में बिताया इसके बावजूद उन्होंने लगातार जनहित के मुद्दों को उठाया और अपने सिद्धांतों पर टिके रहे राजनीति में उतार चढ़ाव आये जय पराजय आये लेकिन आदर्श और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है जितनी ताकत उनके भाषण में थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी उपराष्ट्र पति वेंकैया नायडु लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबो आजाद कई केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की जनपद स्तर पर प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को याजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यह योजना लघु और सीमान्त किसानों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने जिलाधिकारियों से राजस्व रिकार्ड में दर्ज लघु और सीमान्त किसानों की सूची जल्द ही अपलोड करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तर पर पात्र किसानों की सूची बनाकर लाभार्थियों के बैंक खातों तथा आधार को लिंक करके तैयार कर लिया जाये जिससे लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सके

पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस मुद्दे पर सभापति का ध्यान आकर्षित करना चाहा लेकिन सभापति वेंकैया नायड् ने इसे उठाने की अनुमति नहीं दी और शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य राफल मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए अध्यक्ष स्मित्रा महाजन ने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक स्थगित कर दी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज लखनऊ हवाई अड्डे पर प्रयागराज जाने से रोकने के मुददे पर विधानमंडल में संयुक्त विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बाद कल तक के लिये स्थगित कर दी गई

सपा के सदस्या ने प्रश्नकाल के दौरान वेल में पहुंच कर सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की उनका कहना था कि श्री यादव को प्रयागराज जाने से हवाई अड्डे पर रोका गया इस मुद्दे पर सपा के सदस्यों का बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने भी साथ दिया और वेल में आ गये इस पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दोपहर साढ़े बारह बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया बाद में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि श्री यादव के प्रयागराज के कार्यक्रम में भाग लेने पर कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है

विधान परिषद में विपक्ष के सदस्यों ने सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों का मुद्दा उठाया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से केवल बयानबाजी हो रही है और कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है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

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान की शुरूआत की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कदम रसूल वार्ड में इस अभियान का शुभारम्भ किया

बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने अपने घर पर भाजपा का झंडा फहरा कर कार्यक्रम की शुरूआत की इस मौके पर श्री गंगवार ने कहा कि यह कार्यक्रम देश में वातावरण को परिवर्तित करेगा जौनपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पार्टी के राष्टोय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में अपने आवास पर इस अभियान की शुरूआत की और प्रदेश में पचास लाख घरों पर कार्यक्रम के तहत झंडे और स्टीकर लगाने का लक्ष्य है वाराणसी में भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने घर से अभियान को चलाया इस मौके पर एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले चाय पर चर्चा की और फिर घर घर जाकर लोगों को अभियान में शामिल किया कार्यकर्ताओं ने लोगों को केन्द्र की मोदी सरकार की साढ़े चार साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गृहमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस बार बार राफेल मुद्दा उठाकर लोगा को गुमराह कर रही है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लोकसभा में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले का निपटान कर दिया है राफेल के मुद्दे पर इस संसद में चर्चा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सम्बंध में अपना फैसला दे दिया है लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहे हैं बार बार असत्य को बोलकर उसे सत्य साबित करने की कोशिश है जनता इसके द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है हेल्दी डेमोक्रेसी में मैं समझता हूं कि यदि कोई पोल्टिक्स करना चाहता है तो जनता की आंख में धूल झोंककर उसे पोल्टिक्स नहीं करनी चाहिए गृहमंत्री ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हस्तक्षप करते हुए कहा कि विपक्ष को स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल सौदा मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग की

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार का इस मूद्दे पर सकारात्मक रूख है और वकीलों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा श्री प्रसाद तृणमूल कांग्रस के सदस्य सुखेन्दु शेखर रॉय द्वारा शुन्यकाल में उठाये गये इस मददे का जवाब दे रहे थे श्री रॉय ने कहा कि विरोध कर रहे वकील अपने लिए स्टाइपंड के लिए बजट में प्रावधान करने और जीवन बीमा की सुविधा की मांग कर रहे हैं